और प्रदेशभर में सुरक्षा के मद्देनजर जेलों में छापेमारी की गयी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नवाचार इक्कीसवीं शताब्दी का मूलमंत्र है उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे नवाचार को बढ़ावा दें जो मानवता के हित में हो आज मुंबई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छप्पनवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के युवा जलवायु परितर्वन के प्रभावों को कम करने बेहतर कृषि उत्पादकता सुनिश्चित करने स्वच्छ ऊर्जा जल संरक्षण कुपोषण से लड़ने और कचरे के असरदार प्रबंधन में योगदान दे सकते हैं श्री मोदी ने कहा कि श्रेष्ठ विचार भारतीय प्रयोगशालाओं और भारतीय छात्रों से ही आएंगे उन्होंने कहा कि आई आई टी के छात्रों को आज दी जाने वाली डिग्री उनके समर्पण और प्रतिबद्धता का परिणाम है लेकिन अभी उन्हें असली चुनौतियां का सामना करना बाकी है प्रधानमंत्री ने कहा कि आई आई टी संस्थानों ने वैश्विक स्तर पर भारत को ब्रांड बना दिया है उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अवधारणा के साथ ही आई आई टी संस्थानों की स्थापना की गई थी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने आज बालिका गृह पहुंच कर वहाँ बंद पड़े कमरों को खुलवाकर छानबीन की सीबीआई के अधिकारियों ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के पुत्र राहुल आनंद उसके रिश्तेदारों और एनजीओ से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जांच के क्रम में पहली बार बालिका गृह पहुंची सीबीआई की टीम के साथ अपराध विज्ञान प्रयोगशाला केन्द्र नई दिल्ली के विशेषज्ञों ने घटना स्थल से कई साक्ष्य एकत्र किये सूत्रों ने बताया कि जांच एजेन्सी बालिका गृह के परिसर में फिर से खुदाई करवाने की तैयारी कर रही है ताकि बालिका गृह से गायब किशोरी के बारे में सुराग मिल सके इधर जिला प्रशासन ने ब्रजेश ठाकुर उसके एनजीओ और संस्था के अन्य पदधारकों की चल अचल संपत्ति जब्त करने के आदेश दिये हैं प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिये छात्रों को स्टूडेंट क्रोडिट कार्ड योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना के माध्यम से आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाईन ऋण सुविधा प्रदान करने की शुरूआत की श्री कुमार ने कहा कि जो विद्यार्थी ऋण चुकाने में असमर्थ होंगे सरकार उनके ऋण माफ कर देगी उन्होंने कहा कि लड़कों के लिये चार प्रतिशत जबकि लड़कियों के लिये एक प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आज बिहार देश का पहला राज्य है जिसमें उच्च शिक्षा के लिये चार लाख रूपये तक का सबसे सस्ता कर्ज शुरू किया है उन्होंने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिये राज्य सरकार ने बजट में पांच सौ पचास करोड़ रूपये का प्रावधान किया है रेलमंत्री पीयूष गोयल कल पटना और आरा में कई यात्री सुविधाओं और रेल परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे श्री गोयल पटना के बापू सभागार में दोपहर पौने एक बजे आयोजित समारोह में पटना दीघा रेल लाईन को बिहार सरकार को हस्तानांतरित करेंगे रेलमंत्री वे सुपौल अररिया नई रेल लाईन का शिलान्यास तथा दरभंगा के बिरौल से हरनगर तक नई रेल लाईन का लोकार्पण और तीन जोड़ी ट्रेनों के परिचालन मार्ग का विस्तारण भी करेंगे इसके अलावा नव निर्मित रक्सौल नरकटियागंज ब्रॉडगेज रेल लाईन पर ट्रेनों के परिचालन की शुरूआत करेंगे इसके अलावा दिन के ढाई बजे आरा स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में वे कई यात्री सुविधाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे मुंगेर बांका और खगड़िया जिले में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में कम से कम आठ लोगों की झुलस कर मौत हो गयी हमारे संवाददाता ने बताया कि मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में खेत में काम करने के दौरान बिजली गिरने से एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गयी वहीं बांका और खगड़िया में बिजली गिरने से चार लोग मारे गये इधर पटना सहित राज्य के विभिन्न जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में तीन सेन्टीमीटर से दस सेन्टीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गयी है सबसे अधिक दस सेन्टीमीटर बारिश किशनगंज के गलगलिया में रिकॉर्ड की गयी आईटीआई परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच कराई जायेगी श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये मामला मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मचारियों और दलालों की संलिप्तता सामने आई है इसकी जांच सीआईडी से करायी जायेगी प्रदेश में आज अलग अलग जेलों में कैदियों के वार्डों में छापेमारी की गयी इस दौरान चलाये गये सघन तलाशी अभियान के दौरान कई प्रतिबंधित चीजें भी बरामद की गयी हैं सीतामढ़ी गया गोपालगंज और पटना की जेलों में छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में मोबाईल फोन बैट्री नशीले पदार्थ और नकदी बरामद की गयी बेगूसराय मंडल कारा में छापेमारी के दौरान विभिन्न वार्ड से ग्यारह चाकू लोहे के रॉड कैंची और नशीला पदार्थ बरामद किया गया है खगड़िया कटिहार मुजफ्फरपुर और शिवहर जेल में छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में मोबाईल फोन और बैट्री बरामद किये गये शिवहर कटिहार गोपालगंज और जमुई जिले में चलाये गये अभियान के दौरान भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब जब्त की गयी है शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र अन्तर्गत बेलवा घाट दियारा इलाके से पुलिस ने लगभग डेढ़ हजार बोतल नेपाली शराब जब्त की है कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक तस्कर को एक सौ नब्बे टेट्रा पैक शराब के साथ गिरफ्तार किया है गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के नेचुआ जलालपुर चेकपोस्ट के पास एक पिकअप वैन से चार सौ आठ बोतल विदेशी शराब बरामद की गयी है वहीं जमुई जिले के खैरा थाना अंतर्गत खैरा सोनो मार्ग पर स्थित नरियाना पुल के पास से उत्पाद विभाग की टीम ने एक वाहन से पच्चीस कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है इधर अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र में एक पुल के पास दस कार्टन विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है शहादत दिवस के अवसर पर आज विधान सभा परिसर के पास सप्तमूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर सात शहीद छात्रों को याद किया गया इन छात्रों ने उन्नीस सौ बयालीस के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुये अपना बलिदान दिया था राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीद स्मारक पर श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जदयू नेता श्याम रजक समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे अमर शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस को उनकी शहादत पर मुजफ्फरपुर में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी मुजफ्फरपुर केन्द्रीय कारा में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तड़के तीन बजकर पचपन मिनट पर खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित की आज ही के दिन अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को केन्द्रीय जेल में फाँसी दे दी थी बाद में मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग स्थित खुदीराम बोस की प्रतिमा स्थल पर एक समारोह आयोजित कर उन्हें श्रद्धा सुमन आर्पित किया गया वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से आये नौजवानों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की सारण जिले की पुलिस ने गया जेल ब्रेक कांड के दो अपराधियों मनोज सिंह और सुभाष प्रसाद को अलग अलग स्थान से को गिरफ्तार किया है भागलपुर जिला परिषद् के अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह को पुलिस ने मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है वैशाली जिले के हाजीप्र मंडल कारा में एक सजायाफ्ता कैदी ने पेट में लोहे का रॉड भोंक लिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया घायल कैदी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है शेखप्ररा के जिलाधिकारी ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में सदर प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र अन्तर्गत आनंदपुर मारन पंचायत के पूर्व मुखिया पद्म लाल राय की हत्या के विरोध में आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र अन्तर्गत संग्राम चौक पर एक पिकअप वाहन की चपेट में आकर एक छात्र की मौत हो गयी जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया और अब अंत में मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवाचार को इक्कीसवीं सदी का मूलमंत्र बताया

और प्रदेशभर में सुरक्षा के मद्देनजर जेलों में छापेमारी की गयी